और प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना

पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में विद्युत शवदाह गृहों की स्थिति को लेकर दायर लोकहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने तीन सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि प्रदेश में कितने शवदाह गृह चालू हालात में हैं और कितने बंद हैं यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश रंजन और विकाश चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा ने दायर की है पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया जिला के वनमनखी नगर पंचायत की उपाध्यक्ष कंचन चौधरी के विरोध में लाये गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिये बुलाई गई विशेष बैठक पर रोक लगा दी यह विशेष बैठक तीन दिसम्बर को बुलाई गई थी राज्य की सर्वोच्च सहकारी संस्था बिस्कोमान ने पटना स्थित अपने परिसर में सस्ते प्याज की बिक्री रोक दी है संस्था के प्रबंध निदेशक आर पी सिंह ने बताया कि अत्यधिक भीड़ उमड़ने और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के कारण यह निर्णय किया गया है श्री सिंह ने बताया कि पैंतीस रूपये प्रति किलो की दर से पटना में विभिन्न स्थानों पर अठारह मोबाइल वैन के जरिये अब रविवार तक ही प्याज की बिक्री की जायेगी गौरतलब है कि लोगों को राहत देने के मकसद से बिस्कोमान ने नेफेड के सहयोग से सस्ते प्याज की बिक्री शुरू की थी प्रबंध निदेशक ने बताया कि अब तक साढ़े नौ लाख किलोग्राम से अधिक सस्ता प्याज लोगों को उपलब्ध कराया जा चूका है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती आकाशवाणी और द्रदर्शन के जरिये सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ तालमेल कायम करके केन्द्र सरकार के सभी कार्यक्रमों और उनसे संबंधित विभिन्न पहलूओं का प्रचार प्रसार करता है आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी मीडिया इकाईयों के माध्यम से किया जाता है बाईट सरकारी योजना जो जन कल्याण की है उसका सही लाभार्थियों तक और सबको जानकारी हो इसके लिए विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम भी होते हैं और सभी प्रकार के इश्तहार दिए जाते हैं मूल मुद्दा उसमें लोक शिक्षण होता है सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि पत्र सूचना कार्यालय ने सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित खटांगी पंचायत के क्लोंडी के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने एक कारबाईन एक देशी पिस्तौल और आठ गोलियां बरामद की हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की ओर से चलाये गये अभियान में यह सफलता हासिल हुई राज्यपाल फागू चौहान ने आज पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स कंकड़बाग में पांच दिवसीय बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग दो हजार उन्नीस का उदघाटन किया पाटलिप्त्र विश्वविद्यालय की मेजबानी में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय भाग ले रहे हैं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी के अंदर छिपी हुई साहित्यिक और कला की संभावनाओं को उभारने के लिए समुचित मंच उपलब्ध होता है उन्होंने युवा पीढ़ी से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाये रखने में योगदान करने की अपील की केन्द्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि पन्द्रह जनवरी दो हजार इक्कीस से सोने से बने सभी आभूषणों और कलाकृतियों की हॉल मार्किंग अनिवार्य होगी श्री पासवान ने आज नई दिल्ली में कहा कि इससे नकली आभूषणों और गहनों की बिक्री पर रोक लगेंगी प्रदेश के सभी विद्यालयों में आज बच्चों को फसल अवशेष नहीं जलाने देने के लिए परिजनों और अपने सगे संबंधियों को प्रेरित करने की शपथ दिलायी गयी स्कूलों में प्रार्थना सभा में ही शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया बाद में विशेष सत्र आयोजित कर फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में बच्चों को जानकारियां दी गयी

स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण पुलिस श्री कुशवाहा को अनशन स्थल से उठाकर ले गयी गहन चिकित्सा कक्ष में उनका इलाज चल रहा है गौरतलब है कि श्री कुशवाहा नवादा और औरंगाबाद में कोन्द्रीय विद्यालय के लिये जमीन उपलब्ध कराये जाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार सरकार सीएसआर फंड ट्रस्ट गठित करने पर विचार कर रही है इससे कम्पनी एक्ट के तहत बड़ी कम्पनियों की ओर से सामाजिक दायित्व के निर्वहन पर खर्च की जाने वाली दो फीसदी राशि का ज्यादा हिस्सा बिहार को हासिल होगा श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार वर्षों में खर्च हुए सीएसआर फंड के आठ हजार छह सौ करोड़ में से बिहार को मात्र दो सौ इक्हत्तर करोड़ ही मिल पाया है मुजफ्फरपुर निवासी सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बन गयी हैं दो दिसम्बर को उन्हें पायलट के रूप में विधिवत रूप से नौसेना में शामिल किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने सरकारी योजनाओं मंत्रालयों और विभागों के बारे में लोगों को गुमराह करने वाले समाचारों यानि फेक न्यूज के सत्यापन के लिए नई पहल शुरू की है लोग इस प्रकार की खबरों के बारे में पीआईबी के ई मेल पीआईबी फैक्ट चेक एट जीमेल डॉट कॉम पर इसकी सूचनाएं दे सकते हैं सत्यापन के लिए संबंधित समाचार की वेबसाइट की लिंक या तस्वीर को भेजा जा सकता है सूपौल और सहरसा के बीच एक दिसम्बर से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जायेगा समस्तीपुर रेल मंडल के वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक अमरेश कुमार ने बताया कि अभी सहरसा से गढ़बरूआरी तक आने वाली पैसेंजर ट्रेनों का सुपौल तक विस्तार किया जायेगा उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम से सूपौल गढ़बरूआरी रेलखंड के जूड़ने और सूपौल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ट्रेनों की संख्या बढ़ायी जायेगी मौसम विभाग ने कहा है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बने रहने की सम्भावना है विभाग ने मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि सुबह में हल्की ध्रंध बनी रहेगी और दिन के समय अच्छी ध्रप निकलेगी आज रोहतास जिले के डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान साढ़े बारह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया बोधगया में आज से दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की शुरुआत हुई कार्यक्रम का शुभारंभ बौद्ध भिक्षुओं ने सूत्र पाठ कर किया महिला सशक्तिकरण संघ नागपुर द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश विदेश के विद्वान शांति अहिंसा सहित पंद्रह विभिन्न मृद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और उनके शोध पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे

गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गये स्वर्णआभूषण लूट में प्रयोग किये गये हथियार मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है जमूई के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने पोक्सो कानून के तहत एक नाबालिग के साथ सामुहिक द्रष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अरवल जिले में जल जीवन हरियाली योजना के तहत एक सौ उनचालीस आहर पईन और तालाबों की उड़ाही और मरम्मत की जा रही है मूजफ्फरपुर में एनसीसी द्वारा आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आज समापन हो गया कार्यक्रम में तमिलनाडु और बिहार के कैडेटों ने भाग लिया आज अंतिम दिन एनसीसी कैडेटों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली गयी

और प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना